प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत में बड़े पैमाने पर सिंगल प्लास्टिक के प्रयोग को खत्म करने जल संरक्षण सौर ऊर्जा का दोहन करने और भविष्य के लिये वनस्पतियों एवं जीवों की रक्षा करने की दिशा में बड़े पैमाने पर प्रयास किये जा रहे हैं

भारत को शिखर सम्मेलन में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है

प्रधानमंत्री ने कल बियारेट्ज में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से मुलाकात की उन्होंने जॉनसन के साथ व्यापार निवेश रक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की पिछले सप्ताह जॉनसन से टेलीफोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ब्रिटेन कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा मानता है प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के बीच कई मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत की सहभागिता और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया

उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के साथ विभिन्न मुद्दों पर मिलकर काम कर रहा है और आगे भी दुनिया की भलाई के लिये दोनों देश मिलकर काम करेंगे वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहराया कि कश्मीर मुद्दा एक द्विपक्षीय मुद्दा है और दोनों देशों को इसे सुलझाने के लिये एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिये प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में नक्सली गतिविधियां पूरी तरह से नियंत्रण में है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी विकास कार्य कराये जा रहे हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से सटे मिर्जापुर सोनभद्र और चन्दौली जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में पीएसी सीआरपीएफ और जनपद पुलिस द्वारा काम्बिंग सर्चिंग और पेट्रोलिंग की कार्यवाही मुस्तैदी के साथ की जा रही है आवश्यकता पड़ने पर एटीएस और आतंकवाद निरोधी दस्ते द्वारा भी कार्यवाही की जा रही है जिससे नक्सलवादी गतिविधियों पर नियंत्रण बना हुआ है श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों के लिये धन की उगाही के स्रोत बिन्दुओं पर कड़ी नजर रखे हुए है ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर कार्यवाही की जा रही है मुख्यमंत्री ने बताया कि इन क्षेत्रों में विकास कार्यो की गति तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है सोनभद्र की घोरावल तहसील में आईटीआई के मुख्य भवन का कार्य पूरा किया जा चुका है और प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहीं जिले के पीपरखाड़ में चार सौ अस्सी छात्रों की क्षमता वाला एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन है जिले में कौशल विकास के लिये भवन निर्माण का कार्य भी पूरा किया जा चुका है

सूत्रों के अनुसार यह फैसला स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण में की गई घोषणा के आधार पर लिया गया है प्रधानमंत्री ने लालकिले की प्राचीर से कहा था कि हो सकता है कर प्रशासन में कुछ भष्ट लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग कर ईमानदार करदाताओं को मामूली चूक पर जरूरत से ज्यादा परेशान किया हो श्री मोदी ने कहा था कि सरकार ने अभी हाल में कर विभाग के अनेक अधिकारियों को जबरन रिटायर किया है और यह भी कहा था कि ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

भाजपा के हमीरपुर सदर विधायक अशोक सिंह चन्देल को अयोग्य घोषित किये जाने के बाद यह सीट रिक्त हुई है

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इकतीस अगस्त के बाद प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचे जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये है उन्होंने आज कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचे जाने पर संबंधित थानाध्यक्ष नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी वाणिज्य कर के क्षेत्रीय अधिकारी एव संबंधित मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी को संयुक्त रूप से जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी श्री अवस्थी ने व्यापार मंडल को लिखित रूप से प्लास्टिक प्रतिबंध से अवगत कराने और इसके अनुपालन के निर्देश दिये हैं अपर मुख्य सचिव ने राजधानी में प्लास्टिक के प्रतिबंध पर प्रभावी कार्रवाई किये जाने के संबंध में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से तीन दिन में रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने को कहा है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने एक सितम्बर से तीस सितम्बर तक विशेष अभियान चलाकर शस्त्र की व्यवसायिक दुकानों का निरीक्षण कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं श्री अवस्थी ने प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नवीन शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये जाने कारतूसों की खरीद हर्ष फायरिंग को रोकने आयुध और गोलाबारी की खरीद एवं बिक्री के साथ ही सेफ कस्टडी में जमा शस्त्रों के दुरूपयोग को रोकने के लिये शस्त्र दुकानों का निरीक्षण सुनिश्चित किये जाने के सख्त निर्देश दिये हैं प्रदेश के कई जिलों में कल रात से रूक रूक कर बारिश होने का क्रम जारी है राजधानी लखनऊ और पीलीभीत सहित विभिन्न जिलों में बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है प्रदेश की प्रमुख नदियों का जलस्तर स्थिर है शारदा नदो लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में और घाघरा नदी एल्गिन ब्रिज पर बढ़ाव की ओर है जबकि बदायूं एवं फर्र्रखाबाद में गंगा और अयोध्या में घाघरा नदी का जलस्तर स्थिर है वहीं बलिया में गंगा नदी का जलस्तर घट रहा है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों में प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने पोषण अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों जिलों और ब्लॉक स्तर की टीमों को सम्मानित किया इस अवसर पर श्रीमती ईरानी ने सुपोषित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिये एकजुट होकर काम करने का आह्वान करते हुए कहा कि सभी को मिलकर राष्ट्रोय पोषण माह को सफल बनाने के लिये काम करना चाहिये कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सहित नौ राज्यों और तीन केन्द्र शासित प्रदेशों को एक्सीलेंस आवार्ड और प्रमाण पत्र वितरित किये गये बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं के स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बिना कश्मीर दौरे पर प्रश्न उठाया है

बसपा प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं को घाटी में स्थिति सामान्य होने का इंतजार करना चाहिए उन्होंने कहा कि अदालत ने भी स्थिति सामान्य होने के लिए इंतजार करने को कहा है सुश्री मायावती की यह टिप्पणी उस समय आई है जब शनिवार को राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को श्रीनगर हवाई अड्डे से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वापस भेज दिया था मिर्जापर जिले में टीबी रोगियों को राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम के तहत निक्षय पोषण योजना का लाभ दिया जायेगा इस योजना के अन्तर्गत जिन टीबी मरीजों का बैंक में खाता नहीं है उनका नजदीकी पोस्ट आफिस में जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाया जायेगा राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम के तहत टीबी रोगियों को दवाई और पौष्टिक आहार के लिये पांच सौ रूपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है लेकिन कई मरीजों का बैंकों में खाता नहीं होने के कारण वह इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं इसी को ध्यान में रखते हुए जिले में रोगियों का पोस्ट आफिस में खाता खुलवाने का कार्य किया जा रहा है